प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कप्र ने बताया है कि इस दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलेगा उन्होंने कहा कि बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना सह प्रभारी संजय टंडन प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शांता कुमार और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे

केंद्रीय सचिव केन्द्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्व चन्द्रा ने कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से भेंट की इस अवसर पर अपूर्व चन्द्रा ने कहा कि प्रदेश को केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा ई एसआईसी योजना के तहत अस्पताल व औषधालय आरम्भ करने के लिए पूर्ण सहयोग दिया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने श्रम सुधारों को कार्यान्वित करने में सराहनीय कार्य किया है गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने कहा है कि प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है

गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग को लाभान्वित कर रही है

दैनिक जागरण के शब्द हैं अब धरातल पर उतरेगा विकास

आपका फैसला के अनुसार महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का रास्ता प्रशस्त भाजपा कार्यसमिति की बैठक आज से नडडा कल आएंगे अमर उजाला की एक खबर है दिव्य हिमाचल के शब्द हैं धर्मशाला में कल से भाजपा का मंथन दैनिक जागरण का शीर्षक है धर्मशाला में आज से भाजपा का मंथन विशेष विधानसभा सत्र जून अंत में बुलाए जाएंगे राष्ट्रपति शीर्षक अमर उजाला की एक खबर है आपका फैसला ने लिखा है जून के अंत में होगा हिमाचल विधानसभा का विशेष सत्र छात्रवृत्ति घोटाले की खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है नौ फर्जी शिक्षण संस्थान चलाने वाले तीन गिरफतार पांच जगह छापे हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से खबर दी है जनमंच में शिकायत रिपीट तो अफसर नपेंगे

जबकि आपका फैसला का शीर्षक है हिमाचल में तीन दिन तक बारिश बर्फबारी के आसार अब भारतीय नागरिक ही हिमाचल में बोनाफाइड शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र की प्रकिया बदली सरकार ने